प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि चार वर्ष पहले आज ही के दिन डिजिटल इंडिया की शुरूआत की गई थी इसका उद्देश्य तकनीक का इस्तेमाल और इसे लोगों के लिए सहज उपलब्ध कराना था केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया पहल को राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिए नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस पहल से समाज में कई परिवर्तन आये हैं और आम नागरिकों का जीवन भी बदला है उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया आन्दोलन से भारत में परिवर्तन आया है इस पहल को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने जन केन्द्रित ई सेवाओं पर योजना पत्रिका के जुलाई संस्करण का भी विमोचन किया उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय और शिलांग के पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के परिसरों में वाई फाई नेटवर्क का भी शुभारंभ किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए छात्रों से सार्थक भूमिका अदा करने का आहवान किया है एक ट्वीट में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान को चार वर्ष पूर्व शुरू किया गया और यह लोगों की आदतों में परिवर्तन लाने में सफल हुआ है सरकार वस्तु और सेवा कर जी एस टी की दूसरी वर्षगांठ पर आज से प्रयोग के तौर पर नई रिटर्न व्यवस्था शुरू कर रही है इसे पहली अक्टूबर से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जायेगा वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए छोटे कर दाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का भी प्रस्ताव किया है सरकार बीस श्रेणियों को पांच मुख्य श्रेणियों में बदलकर एकल नकद लेजर को भी लाने जा रही है कर ब्याज जुर्माना शुल्क और अन्य मदों के लिए अब एक ही नकद लेजर होगा सरकार ने जी एस टी व्यवस्था में पिछर्ले दो वर्षो में बहुत से सुधार किये हैं जिनमें करों की मात्रा और वस्तुओं को हटाना या जोड़ना शामिल हैं जी एस टी को ससंद के केन्द्रीय कक्ष में तीन जून दो हजार सत्रह को शुरू किया गया था और यह पहली जुलाई दो हजार सत्रह से लागू हुआ था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जीएसटी के अमल में आने से भारत अंतरराष्ट्रीय कर मानकों की श्रेणी में आ गया है और इससे कारोबार आसान बनाने की दिशा में सुधार हुआ है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि जीएसटी केन्द्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण सुधार है और इसने भारत को एकीकृत बाजार में तब्दील कर दिया है पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि जी एस टी लागू होने के दो वर्ष बाद देश के बीस राज्यों ने अपने राजस्व में चौदह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है एक फेसबुक पोस्ट में अरूण जेटली ने कहा कि पिछले दो वर्षों में जी एस टी देने वालों का प्रतिशत बढ़कर चौरासी हो गया और यह व्यापारी तथा उपभोक्ता दोनों के लिए उपयुक्त साबित हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोकभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक की षुरूआत की मुख्यमंत्री ने अभियान के लिये जागरूकता और फॉगिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले चालिस वर्शों से इंसेफेलाइटिस की बीमारी मासूम बच्चों की जान ले रही थी लेकिन उन बच्चों के गरीब और वंचित परिवारों से होने के कारण पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नही दिया अन्तर्विभागीय समन्वय के कारण बीते दो वर्शो में इस बीमारी के मरीजों में पैंतीस प्रतिषत और मौत में पैंसठ प्रतिषत की कमी आयी है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेष के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के संक्रामक रोगों का प्रभाव है इसलिये इस बार यह अभियान प्रदेष के सभी पचहत्तर जिलों में संचालित किया जा रहा है सरकार ने देश में उच्च बेरोजगारी दर बताने वाली रिपोर्टो को खारिज कर दिया है आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कुछ संस्थानों ने शिकायत की थी कि पिछले पैंतालिस वर्षो में देश में बेरोजगारी की दर इस समय सबसे अधिक है उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा तथ्यों पर आधारित नहीं है गंगवार ने कहा कि सड़कों के निर्माण से रोजगार के काफी अवसर बढ़े हैं सरकार ने दूरदर्शन समाचार की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रयास किये हैं राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि हाई डिफनिशन सिगनल्स के प्रवाह के लिए प्रसार भारती ने सत्रह नई डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग डीएसएनजी वैन किराये पर ली हैं उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने नवीन टैक्नोलॉजी के साथ पिछले वर्ष नौ ऐसी वैन खरीदी थीं सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि डीएसएनजी वैन के जरिये सजीव प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है